लगभग अंठावन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न हो गया लगभग अंठावन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में इकसठ दशमलव तीन तीन प्रतिशत जबकि मधुबनी में सबसे कम साढ़े पचपन प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं सारण में अंठावन हाजीपुर में संतावन दशमलव सात दो और सीतामढ़ी में लगभग संतावन प्रतिशत मतदान की खबर है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इन क्षेत्रों में दो प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया कि तेज धूप और गर्मी के बावजूद कई मतदाता दुर्गम रास्ता और चचरी पुल पार कर मतदान करने पहुंचे थे

जिन राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी लोजपा के पशुपति कुमार पारस राजद के चंद्रिका राय और निर्दलीय प्रत्याशी शकील अहमद प्रमुख हैं इनके अलावा राजद के अर्जुन राय जदयू के सुनील कुमार पिंट राजद के शिवचंद्र राम भाजपा के अजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी की भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है आज मतदान शुरू होने के बाद कई जगहों से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली जिसे तत्काल बदल दिया गया सारण लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सोनपूर विधानसभा क्षेत्र के नया गांव गोपालपुर में बूथ संख्या एक सौ इकतीस पर मतदान करने आये एक यूवक ने पहले जमकर हंगामा किया और फिर अचानक ईवीएम को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है इसी लोकसभा क्षेत्र के मकेर स्थित बूथ संख्या एक सौ साठ और एक सौ इकसठ पर मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में सेक्टर ग्यारह के मजिस्ट्रेट द्वारा एक ईवीएम मशीन दो बैलेट यूनिट और दो वीवीपैट को एक निजी विवाह भवन में रखे जाने के मामले में मजिस्ट्रेट सहित नौ मतदान कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा कि सभी को निलंबित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी आरोपी कर्मियों ने इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों को सूचित नहीं किया था हाजीपुर शहर स्थित पोलिंग बूथ संख्या तिरानवे चौरानवे पंचानवे और छियानवे के पास जमा हुए लोगों को तितर बितर करने के लिये पूलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा कई अन्य जगहों से भी छिटपुट घटनाओं की खबर है इधर राज्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना स्थित नियंत्रण कक्ष में इक्यानवे शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से तेरासी का निष्पादन कर दिया गया शेष शिकायतों का निष्पादन किया जा रहा है मतदान बाधित करने के आरोप में उनतीस व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया मूंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लखीसराय के घोंघसा स्थित बूथ संख्या तीन सौ उनतालीस और तीन सौ चालीस पर हुए पुनमर्तदान में साढ़े बावन प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया इन ब्रथों पर चौथे चरण के तहत उनतीस अप्रैल को मतदान हुआ था मतदान में गड़बड़ी की शिकायत के बाद इन ब्रथों पर पुनर्मतदान के आदेश दिये गये थे इधर निर्वाचन आयोग ने इन दोनों मतदान केन्द्रों पर हई गड़बड़ी के मामले में पीठासीन पदाधिकारी दंडाधिकारी और पुलिस कर्मी समेत बीस कर्मियों को निलंबित कर दिया है छठे और सातवें चरण के लिये चूनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है इस सिलसिले में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवहर संसदीय क्षेत्र के मधुबन में पार्टी प्रत्याशी रमा देवी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और राजद के नेतृत्व वाला गठबंधन प्रदेश को एक बार फिर लालटेन यूग में ले जाना चाहता है जबकि एनडीए लोगों को एलईडी यूग में लाने के लिये प्रतिबद्ध है भाजपा अध्यक्ष ने चकिया में पूर्वी चंपारण से भाजपा प्रत्याशी राधामोहन सिंह बेतिया में पश्चिम चंपारण से भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल और वाल्मिकीनगर से जदयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो के भी समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मिकीनगर के मैनाटांड़ में आयोजित चुनावी रैली में केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह सुरक्षित है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सासाराम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से विकास के लिये एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की श्री मोदी ने बक्सर के इटाढ़ी में भाजपा प्रत्याशी अश्विनी कुमार चौबे के समर्थन में भी चुनावी रैली को संबोधित किया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमूख मुकेश सहनी ने महागठबंधन उम्मीदवार ब्रजेश क्शवाहा के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से सत्ता परिवर्तन के लिये मतदान की अपील की सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में ग्यारह बच्चियों की कथित हत्या के मामले में सीबीआई को तीन जून तक स्थिति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि तीन जून को अवकाश होने के बावजूद मामले के महत्व को देखते हुए इसकी सुनवाई अवकाश पीठ करेगी पटना स्थित विधायकों और सांसदों की विशेष अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गुंजन कुमार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए श्री गांधी को बीस मई तक अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है श्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है सीबीएसई ने दसवीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है इक्यानवे प्रतिशत से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं पांच सौ में से चार सौ निन्यानवे अंक लाकर तेरह छात्रों ने मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है बिहार जोन से डीएवी पब्लिक स्कूल बोर्ड कॉलोनी पटना के छात्र प्रियांशु राज निन्यानवे प्रतिशत अंक टॉपर बने हैं रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है औरंगाबाद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर शिवगंज के पास दो वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गयी जबकि छह अन्य जवान घायल हो गये भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कहार टोली से पुलिस ने दो सौ बोतल शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है

लगभग अंठावन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया